कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित किये गये हैं आपदा पर बैठक चमोली जिले के जोशीमठ में आपदाग्रस्त क्षेत्र के ऊपर बनी झील से फिलहाल कोई खतरा नहीं है वैज्ञानिकों के मुताबिक धरातल की वास्तविक स्थिति जानने के बाद ही उचित कदम उठाया जा सकता है केंद्रीय गृह सचिव अजय कमार भल्ला की अध्यक्षता में ऋषिगंगा और धौलीगंगा में आयी बाढ़ और आपदा की रोकथाम के सम्बन्ध में बैठक हई बैठक में विभिन्न विभागों और एजेन्सियों के वैज्ञानिकों ने कहा कि झील में नई जलधारायें बनायी जाए और जो बनायी गयी है उनको और गहरा किया जाए ताकि पानी की अधिक मात्रा में निकासी सुनिश्चित की जा सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के निदेशक डॉ एमपीबिष्ट ने बताया कि उच्च उपग़ह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रौथीधार में मलबा आने से बनी प्राकृतिक झील और उसके आसपास नई जलधाराओं का बनना चालू है इससे किसी भी तरह के संकट की संभावना नहीं है कैबिनेट फैसले राज्य में जिन आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे नहीं हैं उन्हें राज्य सरकार की एकमुश्त समाधान योजना के तहत वैध किया जाएगा ब्धवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बजट प्रस्ताव पर चर्चा हई प्रदेश में महिलाएं पति की पैतृक संपति में सह खातेदार होंगी इसके साथ ही परित्यक्त और संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया है

पुरीक्षा पे चर्चा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा

उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्च्अल माध्यम से होगा कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माय जीओवी प्लेटफार्म पर आयोजित होने वाले ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिये चुना जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्क्राते हए अपनी परीक्षाओं में शामिल हों

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अधिकारियों के साथ बैठक में सत्र की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये और सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं प्री करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सभी स्थानों पर मास्क सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिये उन्होंने सत्र के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने संवदेनशील स्थलों पर बैरिकैडिंग लगाने फायर ब्रिगेड वॉटर कैनन वायरलेस सेट प्लिस बल की ठहरने के लिए सम्चित व्यवस्था के साथ ही स्रक्षा के प्ख्ता इंतजाम स्निश्चित करने को कहा जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य स्विधाओं के लिए चिकित्सा विभाग को भराड़ीसैंण में अस्थायी स्वास्थ्य सेंन्टर की स्थापना करने को भी कहा

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से राज्य की बड़ी मांग पूरी हई है उन्होंने कहा कि यह सड़क सीमान्त क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क रही है भारतमाला परियोजना के तहत इसके डबल लेन निर्माण से आवागमन में भी स्विधा होगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत बनने वाली इस डबल लेन सड़क के निर्माण में तेजी आने के साथ ही भविष्य में इसके रखरखाव में होने वाला खर्चे को केंद्र सरकार वहन करेगी अनिल बलनी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा के विस्तृत संचालन पर चर्चा की उन्होंने कहा कि हर साल लाखों लोग इस पवित्र यात्रा को अनेक मार्गों से करते हैं लेकिन उत्तराखंड के मार्ग से लगभग ग्यारह सौ श्रद्धाल्ओं को ही इस यात्रा की अन्मति मिलती है उन्होंने विदेश मंत्री से कहा कि अगर पिथौरागढ़ लिप्लेख से निर्बाध यात्रा श्रू होती है तो यह उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिकी के लिए फायदेमंद साबित होगा राज्यसभा सांसद ने कहा कि पंतनगर और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करके और पंतनगर से लिप्लेख तक ऑल वेदर रोड का निर्माण करके विश्वभर के श्रद्धाल्ओं के लिए एक सहज और स्गम कैलाश मानसरोवर यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है उन्होंने कहा कि वह जल्द ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी इस विषय को लेकर मुलाकात करेंगे प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेण्धर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है

इससे पहले वे वित मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे एन वी रेड्डी ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्य्निकेशन में अपर महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है उन्हें मीडिया प्लानिंग और प्रबंधन प्रशासन और समाचार संकलन का व्यापक अन्भव है उन्होंने आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार में भी विभिन्न पदों पर काम किया उन्होंने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है जो अब पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं वनों की आग बागेश्वर में वन संपदा और जंगलों को आग से बचाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्ठी में जिलाधिकारी विनीत कमार ने कहा कि वनों में आग न लगे इसके लिए स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता जरूरी है उन्होंने कहा कि जंगल की आग नियंत्रण में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ग्राम प्रधान और सरपंच को राष्ट्रीय दिवस पर सम्मानित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि वनों में आग ही न लगे इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों और वन पंचायतों में जनजागरूकता अभियान आंदोलन के रूप में चलाया जाए टिहरी लेक फेस्टिवल टिहरी झील महोत्सव में आयोजित ट्रेकिंग कार्यक्रम का आज समापन हआ इसमें सात राज्यों के प्रतिभागी शामिल हए और पहली बार उनके लिए होम स्टे की व्यवस्था की गई यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के उत्तराखंड चेयरमैन डॉ देवेन्द्र भसीन ने बताया कि स्रकंडा से कानाताल तक ट्रैकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इसके बाद डोबरा चांठी प्ल और धनौल्टी सहित कुछ स्थानों को देखने के साथ स्रकंडा से कानाताल ट्रैकिंग और वापसी का आयोजन किया गया डॉ भसीन ने बताया कि अब यह ट्रैकिंग कार्यक्रम हर वर्ष टिहरी लेक फ़ेस्टिवल के अंग के रूप में आयोजित किया जायेगा

बागेश्वर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी दी गई कार्यशाला में मुख्य चिकित्साधिकारी बीडी जोशी ने बताया कि लिंगान्पात नियंत्रण में बागेश्वर जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है बेटियों को बचाने में जिले को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है कार्यशाला में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ ही आमजन को बेटियों को बचाने के लिए जागरूक किया गया वक्ताओं ने कहा कि पिछले एक दशक में बागेश्वर जिले ने भ्रूण हत्या रोकने में अच्छा कार्य किया है